कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किये जायेंगे

ठीक होने वालों की दर लगभग बानवे प्रतिशत हुई और उत्तर तथा पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश

प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेस के जरिये बिहार में आज ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया उन्होंने बिहार के लोगों के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित बारह रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के निर्माण के बाद सम्पर्क और बिहार की समृद्धि में नया इतिहास रचा गया है

कोसी और मिथिला क्षेत्र के लिए ये महासेतु सुविधा का साधन तो है ही ये इस पूरे क्षेत्र में व्यापार कारोबार उद्योग रोजगार को भी बढावा देने वाला है बिहार के लोग तो इसे भलीभांति जानते हैं कि वर्तमान में निर्मली से सरायगढ का रेल का सफर करीब करीब तीन सौ किलोमीटर का होता है इसके लिए दरभंगा समस्तीपुर खगडिया मानसी सहरसा ये सारे रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब बिहार के लोगों को तीन सौ किलोमीटर की ये यात्रा नहीं करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गए हैं इससे लोगों का छियासी वर्ष का सपना साकार हुआ है इस परियोजना को कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इसमें प्रवासी मजदूरों ने काम किया श्री मोदी ने कहा कि बिहार में नब्बे प्रतिशत रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया गया है

कोसी महासेत् और किउल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने नये रोजगार पैदा करने वाले एक दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है लगभग तीन हजार करोड रुपये के इन प्रोजेक्ट्स से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी एक दशमलव नौ किलोमीटर लंबे कोसी महासेतु के निर्माण पर पांच अरब सोलह करोड़ रुपये की लागत आई है इस सेतु के बनने से निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी मौजूदा दो सौ अंठानवे किलोमीटर से कम हो कर बाईस किलोमीटर रह गई है यह पुल भारत नेपाल सीमा के लिए सामरिक महत्व रखता है इससे क्षेत्र के लोगों के लिए कोलकाता दिल्ली और मुंबई आना जाना आसान हो गया है प्रधानमंत्री ने सहरसा आसनपुर कुपहा खंड पर सुपौल रेलवे स्टेशन से डेमू रेलगाड़ी भी रवाना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग तीन हजार करोड़ रुपये की लागत से पूरी हुई बारह रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया इनमें दो नई रेल लाइनें पांच विद्युतीकरण परियोजनाएं बरौनी में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ तथा बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना शामिल है दो नई रेल लाइनें हैं हाजीपुर घोशवार वैशाली खंड और इस्लामपुर नटेशर खंड तथा बाढ़ बख्तियारपुर के बीच करनौती बख्तियारपुर बाईपास रेल लाइन रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी खंड कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी समस्तीपुर खगडिया भागलपुर शिवनारायणपुर समस्तीपूर जयनगर खंड शामिल हैं प्रधानमंत्री ने कहा है कि विपक्ष कृषि सूधार विधेयक का विरोध करने के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि नये विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएंगे उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा

कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ताकतें नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में किसानों को गुमराह कर रही हैं

जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं उसी बदलाव के बाद इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी लेकिन अब जब एनडीए सरकार ने ये बदलाव कर दिया है तो ये लोग इसका विरोध करने पर झूठ फैलाने पर भ्रम फैलाने पर उतर आए हैं सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ गए लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे

पहले भी थे आज भी हैं आगे भी रहेंगे सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है जहां चाहे वहां बेच सकता है अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है मजबूर किया गया अब नये प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे मध्रबनी जिले के जयनगर से नेपाल के जनकपूर तक आज परीक्षण के तौर पर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया यह मार्ग पिछले ग्यारह वर्षो से बंद था परीक्षण के बाद जल्द ही नियमित रूप से इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद है लोकसभा ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक दो हजार बीस और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक दो हजार बीस कल ध्वनिमत से पारित कर दिये

इन विधेयकों के माध्यम से छोटे किसानों को उनकी फसल का उचित मुल्य मिल सकेगा इन विधेयकों में किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान है इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति एएमपीसी अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली जारी रहेगी और प्रस्तावित कानूनों से किसानों को अंतर राज्य बाजारों तक पहुंच कायम करने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी इन विधेयकों के माध्यम से लाइसेंस और स्टॉक सीमा रहित व्यापार की सुविधा दिए जाने से किसानों की उपज खरीदने वालों की संख्या भी बढेगी इसके अलावा इससे प्रतिस्पर्धा बढेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा नये कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा जो दो प्रतिशत से आठ प्रतिशत तक होता है इन कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा यह प्रस्तावित कानून कृषि उपज के बाधा मुक्त व्यापार को सक्षम बनायेगा साथ ही किसानों को अपनी पसंद के निवेशकों के साथ जुड़ने का मौका भी प्रदान करेगा दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कृषि से जुडे दो विधेयक पारित होने का स्वागत करते हुए कहा कि भारत को अपने मेहनतकश किसानों पर गर्व है जो राष्ट्र की समृद्धि और संपदा सृजन को आगे बढाते हैं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये क्रांतिकारी विधेयक कृषि क्षेत्र में बदलाव लाएंगे और किसानों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराएंगे तथा उनकी अन्य बाधाओं को दूर करने में भी सहायक होंगे

अभी तेरह हजार एक सौ ग्यारह लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ब्रलेटिन में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार एक सौ सैंतालीस नये मामले सामने आये हैं अब तक एक लाख पैंसठ हजार तीन सौ इकहत्तर लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं वहीं आठ सौ उनसठ लोगों की मौत हुई है शेखपुरा जिले के वरीय उप समाहर्ता अमित कुमार और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हो गयी हैं इसके बाद से समाहरणालय स्थित नजारत शाखा को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है रोहतास के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं संक्रमण की प्रष्टि के बाद सासाराम न्यायालनय में न्यायिक कार्यवाही दो दिनों के लिए स्थगित कर दी गयी है इस दौरान वर्चुअल माध्यम से ही कार्यवाही होगी देश में कोविड उन्नीस रोगियों के स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक ही दिन में सतासी हजार चार सौ बहत्तर से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक इकतालीस लाख बारह हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल उन्नीस दशमलव पांच दो प्रतिशत रह गई है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है

सेकेंड मोस्ट इर्पोर्टेट बिना मास्क के कहीं नहीं जाएं और मास्क सिर्फ लगाना आवश्यक नहीं है उसको ठीक से लगाना आवश्यक है अगर लूज मास्क बांधा हुआ है तो फिर उसकी कैपिसिटी कम हो जाती है और तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग जहां पर भी भीड़ ज्यादा है वहां पर अवाइड करें या वेट करें कि भीड़ छन जाएं कि कुछ लोग निकल जाएं उसके बाद विधान सभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गयी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि इस बार चुनाव में एनडीए के सामने विपक्ष के हौंसले पस्त हैं उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन फिर से भारी मतों से विजयी होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वचूर्अल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं इधर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ भाकपा माले के सीटों के तालमेल को लेकर अड़चन उत्पन्न हो गयी है भाकपा माले और राजद नेताओं के बीच बातचीत का परिणाम विफल रहा है प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने से उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दरभंगा मध्रबनी अररिया कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी है पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड भारी बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के गौनाहा में दो सौ दस मिलीमीटर बारिश हुई है हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के चलते जिले की बरसाती नदियां फिर से उफान पर हैं पंडई नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण गौनाहा प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है आधा दर्जन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है पिछले दो दिनों से क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है अररिया में बारिश के कारण परमान नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है इधर किशनगंज जिले के दीघल बैंक प्रखंड में कनकई नदी में तेज बहाव के कारण एक निर्माणाधीन पूल बह गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है इधर औरंगाबाद जिले के रफीगंज और गोह प्रखंड में अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की चपेट में आकर चार लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी और तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बैरिया स्थित नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का लोकार्पण किया पच्चीस एकड़ क्षेत्रफल में बने इस नये बस स्टैंड के निर्माण पर तीन सौ दो करोड़ रूपये की लागत आयी है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किये गये इस बस टर्मिनल में शॉपिंग मॉल मल्टीप्लेक्स होटल कैफेटेरिया और रेस्ट हाउस जैसी अत्याध्रनिक सुविधाएं भी होंगी मुख्यमंत्री ने मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन का भी उद्घाटन किया कृषि भवन पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर बना है और यहां एक ही छत के नीचे विभाग के सभी कार्यालय होंगे

कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किये जायेंगे

ठीक होने वालों की दर लगभग बानवे प्रतिशत हुई और उत्तर तथा पूर्वी बिहार में कई स्थानों पर भारी बारिश